श्री मोदी ने विश्व के अन्य नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया और एक स्मृति डाक टिकट जारी किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मंच इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि गांधीजी केवल भारत के नहीं थे उन्होंने कहा कि जो लोग कभी गांधीजी से मिले भी नहीं वे भी उनके जीवन से बहुत प्रभावित थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या नेल्सन मंडेला उनके आस्था और विश्वास का आधार गांधीजी और गांधीजी के विचार थे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल जयंती पर उन्हें नमन करते हुए ट्वीट के जरिये कहा कि वे देश के महानतम व्यक्तियों में से एक थे सबसे वंचित लोगों की सेवा करना ही पंडित दीनदयाल का संदेश था सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर श्री जावडेकर ने कहा कि पंडित दीनदयाल एक महान राष्ट्रवादी चिंतक और मानवतावाद तथा अंत्योदय के अग्रणी नेता थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जयपुर के पास धानक्या स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर श्रद्वासुमन अर्पित किए

राज्य में भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है प्रदेश भाजपा मुख्यालय समेत राज्य में भी अनेक स्थानों पर पंडित उपाध्याय को आज श्रद्धासुमन अर्पित किए गए भाजपा कार्यालय में हुए आयोजन के बाद मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा सरकारों ने हमेशा पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों के अनुसार समाज के अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं बनायी हैं

यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक योगदान के लिए दिया जाएगा

ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा

श्री गहलोत के इस निर्णय से किसानों को दीर्घकालीन ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा साथ ही किसानों की रहन रखी गई भूमि रहन मुक्त होकर पुनः उनके नाम पर दर्ज हो सकेगी

श्री गंगवार आज अजमेर जिले के किशनगढ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी जनजागरण और सम्पर्क अभियान के तहत एक राष्ट्र एक संविधान विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई नई योजनाएं ला रही हैं जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ होगा

इससे लोग प्रकृति से ज्यादा नजदीकी से जुड़ सकेंगे जो उन्हें मन की शांति के साथ निरोग रहने में मदद करेगा सस्टेनेबल इको टूरिज्म पर आज जयपुर में आयोजित कार्यशाला का उदघाटन करने के बाद श्री विश्नोई ने कहा कि लोग जितने प्रकृति से दूर जा रहे हैं वह उतने ही ज्यादा बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं उन्होंने कहा कि वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के साथ लोगों को प्रकृति से जोड़ना होगा इसके लिए ईको टूरिज्म अच्छा माध्यम है जिसकी प्रदेश में विपुल संभावनाएं हैं वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने वन अधिकारियों को कहा कि फील्ड में पौधों एवं वन्य जीवों को बचाने के लिए वनपाल से लेकर उप वन संरक्षक तक जिम्मेदारी तय होना जरूरी है जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में छठे भारत जल सप्ताह प्रदर्शनी का उदघाटन किया प्रदर्शनी में नमामि गंगे विभिन्न नदियों को जोड़ने वर्षा जल संचयन में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और अन्य जल परियोजनाओं को दर्शाया गया है संवाददाताओं से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने स्वच्छता और जलापूर्ति को प्राथमिकता दी है श्री शेखावत ने बताया कि देश ने स्वच्छता के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है

इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना था कार्यशाला का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्री संदेश नायक ने किया अपने उद्घाटन भाषण में श्री नायक ने कहा कि लोगों के व्यहवार में परिवर्तन लाना मीडिया का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये

पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड ने बताया कि वार्तालाप का उद्देश्य मीडियाकर्मियों के साथ दो तरफा संवाद स्थापित करना है ताकि सरकारी योजनाओं की जानकारी को आम लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाया जा सके

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार भेजने को कहा है

डॉ शर्मा ने आज जयपुर में अपने विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की जिसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

उन्होंने पैरा मेडिकल के विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती के समय प्रत्याशियों की निर्धारित योग्यताओं और अनुभव पर पूरा ध्यान देने के निर्देश दिए

झालावाड़ में पंजाब नेशनल बैंक के कृषक प्रशिक्षण केन्द्र और आत्मा परियोजना कृषि विभाग की ओर से आज स्ट्रॉबेरी के खेती पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत हुई बीकानेर जिले के नोखा में जल शक्ति अभियान के तहत कृषि विज्ञान केन्द्र की ओर से किसान मेला आयोजित किया गया मेले में किसानों को नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई झालावाड़ और नागौर जिले में आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर अस्पतालों में फल वितरण किया गया और झालरापाटन में विचार गोष्ठी आयोजित की गई

बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिये गये

राजधानी जयपुर में दोपहर को अचानक मौसम पलटा और उसके बाद शहर में वर्षा हुई

उधर झालावाड़ में आज दिनभर रूक रूक कर बारिश होती रही